सत्रह अक्तूबर तक पूरी करनी है सुनवाई

उच्चतम न्यायालय एक सप्ताह के अवकाश के बाद आज से फिर अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले की दिन प्रतिदिन की सूनवाई छह अगस्त को शुरू की थी पीठ ने कहा है कि सत्रह अक्टूबर सुनवाई का अंतिम दिन होगा इस मामले पर निर्णय सत्रह नवंबर को आने की उम्मीद है इसी दिन प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं प्रदेश में शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए पचहत्तर स्पेशल कोर्ट बनाये जायेंगे सरकार इस संबंध में एक प्रस्ताव पटना उच्च न्यायालय को भेजेगी ताकि हाई कोर्ट की अनुमति के बाद इन न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा सके हाई कोर्ट ने शराबबंदी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए राज्य सरकार को उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया था इसके बाद राज्य सरकार ने विशेष कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना में हुए जल जमाव और उसके बाद उत्पन्न स्थिति की आज समीक्षा करेंगे इसमें नगर विकास और आवास विभाग के साथ पटना नगर निगम और बुडको के अधिकारी मौजूद रहेंगे बैठक में राजधानी में जल निकासी की व्यवस्था सम्प हाउस की अद्यतन स्थिति और नालों की उड़ाही समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी बताया जा रहा है कि सरकार पटना में जल निकासी की विशेष कार्य योजना को अपनी सहमति दे सकती है राजधानी पटना में जल जमाव वाले क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है शहर के बीस नये मुहल्लों में डेंगू ने पैर पसार दिया है प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगभग सोलह सौ हो गयी जिसमें अकेले पटना में लगभग साढ़े ग्यारह सौ डेंगू के मरीज हैं इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक कचरों की री साईक्लिंग के लिए दो प्लांट स्थापित करेगी उत्तर और दक्षिण बिहार में एक एक रीसाईक्लिंग प्लांट स्थापित करने की प्रशासनिक सहमति मिल गयी है इसके लिए सरकार जमीन तलाश रही है बताया जाता है कि प्रदेश में प्रति वर्ष पांच सौ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा होता है प्रदेश में एक सौ इकतालीस इलेक्ट्रॉनिक कचरा संग्रह केन्द्र हैं जो मोबाईल और टेलीविजन बनाने वाले कम्पनियों के हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि चुनाव में भाजपा के दम पर ही एनडीए की जीत होती है भागलपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी दो हजार बीस का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेगी लेकिन इसकी तैयारी अपने दम पर करेगी श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा की पांच सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों में किसी तरह का विरोधाभास नहीं है बिहार लोक सेवा आयोग की पैंसठवीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा कल आयोजित की जायेगी पैंतीस जिलों में सात सौ अठारह परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गयी है सभी केन्द्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे उधर आयोग ने जारी दिशा निर्देश में अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र पर एक घंटा पहले पहुंचने को कहा है निर्देश के अनुसार अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर किसी प्रकार का चिन्ह अंकित नहीं करेंगे जहानाबाद में दो गुटों के बीच हुयी हिंसक झड़प के बाद स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है कर्फ्यू में ढील दिये जाने के बाद चौथे दिन बाजार और दुकानें कुछ देर के लिए खुली जिससे लोगों ने जरूरत की चीजों की खरीददारी की एहतियात के तौर पर शहर में अब भी रैपिड एक्शन फोर्स की चार कंपनियां तैनात रहेंगी वहीं बीएमपी और जिला पुलिस के सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तैनात किये गये हैं प्रशासन ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन करोड़ फॉलोवर्स के साथ सोशल मीडिया वेबसाईट इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक फॉलो होने वाले विश्व नेता बन गए हैं श्री मोदी ही केवल ऐसे विश्व नेता हैं जिनके इंस्टाग्राम पर तीन करोड़ फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर वे अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प और उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा से भी बहुत आगे हैं प्रधानमंत्री ट्वीटर पर भी सर्वाधिक फॉलो होने वाले नेताओं में हैं पटना के प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने राजधानी पटना में वाहनों की विशेष जांच और चालान काटने पर रोक लगा दी है उन्होंने कहा कि फिलहाल जल जमाव वाले इलाकों में राहत और बचाव कार्य पहली प्राथमिकता है श्री किशोर ने ट्रैफिक एसपी और पटना डीटीओ से विशेष जांच और चालान काटने की कार्रवाई बंद करने को कहा है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान आकाश साफ रहा हालांकि एक दो स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई इधर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य गिरावट से शरद ऋतु के आगमन के संकेत भी मिलने लगे है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सत्रह अक्तूबर तक राज्य से मॉनसून की पूरी तरह वापसी हो जायेगी पटना के ज्ञान भवन में फसल अवशेष प्रबंधन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे इसमें पंजाब हरियाणा और राजस्थान के किसान राज्य के किसानों के साथ फसल अवशेष प्रबंधन पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे सुपौल जिले में प्रतापगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म और हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक मृत्युंजय चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो देसी कहा एक बाइक लूटी गई राशि और मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं मूजफ्फरपूर जिले में कुढनी थाना क्षेत्र के छतिया और सुपना गांव के बीच पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक और दो पिकअप वैन से पांच सौ छियासी कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व सोलह अक्तूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जायेगा इसके लिए ऑनलाईन बुकिंग शुरू हो गयी है गया में आज से छप्पनवीं पुरूष और बत्तीसवीं महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता की शुरूआत हो रही है आरा में खेली जा रही राज्य स्तरीय ताईक्वांडो प्रतियोगिता के तीसरे दिन पटना की आयुषी राज शेखपुरा की खुशबू कुमारी गोपालगंज की रिया सिन्हा और मूजफ्फरपूर की सायना ने स्वर्ण पदक जीता मधुबनी के पंडौल में खेली जा रही राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में नालंदा बक्सर और खगड़िया ने अपने अपने मुकाबले जीत लिये भुवनेश्वर में खेले गये विजय मर्चेट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मुकाबले में ओडिशा ने बिहार को पैंतालीस रनों से हरा दिया पहली पारी में बढ़त के बावजूद बिहार टीम मैच हार गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों से जल निकासी को लेकर होने वाली विशेष बैठक को अपनी सुर्खी बनाया है और इससे जुड़े तथ्य भी प्रकाशित किये हैं इस खबर का हिन्दुस्तान ने शीर्षक लगाया है पटना में जल निकासी की विशेष कार्य योजना तैयार दैनिक जागरण की सुर्खी है आउटसोर्सिंग से रेलवे कम करेगा वेतन बिल प्रभात खबर का शीर्षक है शराब के मामलों के निपटारे को बनेगे पचहत्तर स्पेशल कोर्ट दैनिक भास्कर ने जलाशयों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है राज्य के जलाशय लबालब रबी और अगले खरीफ तक मिलेगा पानी इसके अलावा सौरभ गांगुली बनेंगे बीसीसीआई अध्यक्ष अयोध्या पर आज से आखिरी सुनवाई पाकिस्तान को काले सूची में डालने पर फैसला आज और भारतीय नन मरियम थ्रेसिया संत घोषित आदि खबरों का भी अखबारों ने प्रमुखता दी है

सत्रह अक्तूबर तक पूरी करनी है सुनवाई